देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के तेरह नये मामलों की पुष्टि संक्रमित लोगों की संख्या बढकर हुई तिहत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित कर रोज़गार से जोड़ने के लिए विमिन्न योजनाओं की की गई है श्रूआत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज तड़के गरज चमक के साथ हुई बारिश कई स्थानों पर ओले गिरने का समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन से घबराने की जरूरत नहीं है और इससे बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हुए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों को अनावश्यक यात्राओं को टालने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भीड भाड वाली जगहों से बचकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं उन्होंने कहा कि समी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा सुरक्षा बरतने के हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों में वीजा निलंबन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के तेरह नए मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर तिहत्तर हो गई है कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत ने इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए ऐहतियाती कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हए हैं उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अब तक नौ सौ भारतीयों तथा अड़तालीस विदेशी नागरिकों सहित नौ सौ अड़तालीस यात्रियों को सुरक्षित वापसलाया गया है श्री अग्रवाल ने कहा कि इटली से भारत लाए गए तीन यात्रियों को दिल्ली के पास मानेसर में बने अलग शिविर में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने दो बैठकें करके सभी ऐहतियाती उपायोंपर चर्चा की

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने लोकसभा में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विमिन्न कदमों की जानकारी दी और हम यह भी चाहते हैंकि आप सबकी मदद से आपके आपके क्षेत्रों में जहां कही भी गैदरिंग्स वगैराह हो रहीहै उनको आप अगर डिसकरेज करेंगे अपना एक लाउड एंड क्लीयर मैसेज आप देंगे फिर आपखपने अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एज्यूकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करनाहै बिकाउज़ आपको जबरदस्ती कोरोना वायरस नहीं नुकसान पहुंचा सकता अगर आपने अपने आपकोर्टेल्फ प्रोटैक्ट करने का मकैनिजम समझ लिया प्रदेश सरकार कोविड नाइन्टीन को लेकर राज्य भर में सतर्कता बरत रही है बाहर से आने वाले यात्रियों का हवाई अड्डों पर परीक्षण किया जा रहा है प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि देश की नेपाल से लगी सीमा पर कोरोना वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेटेड बेड्स की व्यवस्था की गई है

ये सभी जनपद चिकित्सालयों पर हैं

इस तरह की तैयारी हमारी आज के दिन है श्री सिंह ने बताया कि लखनऊ में मिले कोरोना वायरस प्रभावित मरीज को के जी एम यू में आइसोलेशन में रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विमिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ लोकभवन में कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा पर आयोजित कौशल सतरंग कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना से एक वर्ष में पांच लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है इस तरह की कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं कौशल सतरंग का यह कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश की युवा राजा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उसके आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने की दिशा में एक अमिनव प्रयास है उत्तर प्रदेश के गुवाओं के रोजगार के लिए अकेले वन बिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी इस योजना ने एक वर्ष में यह हमारा तीसरा वर्ष है एक वर्ष में पांच लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार के साथ और वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का कार्य किया पूरे प्रदेश के अन्दर इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखे और उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी इसके माध्यम से काफी आगे बढ़ा कौशल सतरंग कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कौशल प्रशिक्षार्थियों ने देखा और इसे सराहा प्रदेश के सभी जिलों में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस विशेष अमियान के तहत कई विभाग मिलकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पोषण के प्रति जागरूक कर रहे हैं एक रिपोर्ट राज्य के आत आकांकीजिलों बहराइच बलरामपुर चंदौली चित्रकूट फतेहपुर श्रावस्ती सिद्वार्थनगर औरसोनमद्र में विशेष तौर पर कुपोषण को समाप्त करने के लिए इन अभियान के तहत शिविएसुपोषण गोखियां और जागरूकता रैती आयोजित की जा रही हैं गोरखपुर में भी पोषण पखवाड़के दौरान कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं

साथ में ही आंगनबाझी में अगर वो चले जाएं उनके पास वो वजन मशीन है उस वजन मसीन से वो एक्यूरेट बता सकती हैं कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए

अगर वो हरे में है तो आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है

आदित्य शुक्ला आकाशवाणी समाचार गोरखपुर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोम के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के विमिन्न जिलों में कल रात से गरज चमक के साथ रूक रूक कर बारिश हो रही है गोरखप्र और जौनप्र समेत कई स्थानों पर ओले गिरने के भी समाचार हैं वाराणसी के पिंडरा बरही कला में बारिस और तेज हवा से तीस कच्चे मकान गिर गये और दो किमी के क्षेत्र में खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहंचा है चन्दौली जिले के टिकरिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गयी तथा तीन अन्य झुलस गये मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों तक तेज हवाओं के साथ वर्षा की सम्भावना जतायी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे